राज्य सभा ने कल रात इस विधेयक को मंजूरी दी विधेयक के समर्थन में एक सौ पच्चीस और विरोध में एक सौ पचास सदस्यों में मत पड़े सदन ने विधेयक को मंजूरी देते समय विपक्षी दलों के संशोधनों को खारिज कर दिया यह विधेयक लोक सभा में सोमवार को पारित हुआ था लोकसभा में तीन सौ ग्यारह सदस्यों ने इस के पक्ष में और अस्सी सदस्यों ने विरोध में मतदान किया था विधेयक में नागरिक अधिनियम उन्नीस सौ पच्चपन में संशोधन किया गया है और अफगानिस्तान बंगलादेश तथा पाकिस्तान के छह समुदायों के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का पात्र बनाया गया है ये समुदाय है हिंदू सिख बुद्ध जैन पारसी और ईसाई राज्य सभा में विधेयक के बारे में बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि यह मुसलमानों के खिलाफ नहीं है उन्होंने कहा कि मुसलमानों को देश के नागरिक के रुप में सभी अधिकार मिलते रहेंगे श्री शाह ने पूर्वोत्तर राज्य के लोगों की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि इस विधेयक से उनके हित प्रभावित नहीं होंगे उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार उनकी सांस्कृतिक सामाजिक और भाषायी पहचान बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है गृहमंत्री ने यह भी कहा कि यह कानून उन लोगों के जीवन में नई रोशनी लाएगा जिनपर पाकिस्तान अफगानिस्ता और बंग्लादेश में अत्याचार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है और देश के करुणा तथा भाईचारे के मूल्यों का प्रतीक है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने इसे भारत और देश के भाईचारे और सौहार्द की भावना के लिए महत्वपूर्ण दिन बताया है उन्होंने विधेयक के पक्ष में मतदान करने के लिए सभी सांसदों का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस विधेयक के आने से ऐसे बहुत से लोगों के कष्ट द्रर होंगे जो वर्षों से कष्ट झेल रहे थे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने पर लोगों को बधाई दी है अपने टवीट संदेश में उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में लिया गया एक ऐतिहासिक कदम बताया है उन्होंने कहा है कि इस विधेयक के पारित होने से भारत के पड़ोसी देशों से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार मिलेगा वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पारित होने को भारत के बहुलवाद पर संकुचित विचारधारा की जीत कहा उन्होंने एक बयान में भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवीकरण एजेंडा के खिलाफ संघर्ष जारी रखने की कांग्रेस की प्रतिबद्धता व्यक्त की पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूरदराज के गांवों के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्गों में मोबाइल कवरेज प्रदान करने और ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजब्रत करने हेतु मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए केंद्र सरकार के पास एक व्यापक द्रसंचार विकास योजना है

समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के शिक्षा सचिव निहारिका राय ने कहा कि खो खो खेल को लेकर युवा खिलाड़ियों ने जो उत्साह दिखाई है वह सभी स्तरों से इस खेल को बढ़ावा और लोकप्रियता प्रदान करेगी फाईनल मुकाबले में पुरुष वर्ग में ईस्ट सियांग ने ईस्ट कामेंग को जबकि महिला वर्ग में लोहित टीम ने लोअर सुबनसिरी को पराजित कर खिताब अपने नाम किया विजेता टीम स्कूल गेम्स फेडरेशन के बेनर तले आयोजित राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे राज्य के परिवहन एवं पर्यटन मंत्री नाकप नालो ने कल यूपिया स्थित जिला परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग सिम्यूलेटर डिवाइस का उद्घाटन किया